प्रदेश में बाढ़ की स्थिति लगातार गम्भीर बनी हुई है

अयोध्या में श्री रामजन्म भूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण की आज शुरुआत होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयोध्या में इसकी आधारशिला रखेंगे भूमि पूजन समारोह दोपहर ठीक साढे बारह बजे होगा और बारह बजकर पैंतालीस मिनट तक चलेगा

कल यहां विशेष दीपोत्सव का आयोजन किया गया राम मंदिर का निर्माण संतावन हजार वर्गफुट क्षेत्र में किया जायेगा

हमेशा हम साधु संतों के बीच में रहे आयोध्या में जो है मंदिरों के बीच में रहे क्योंकि हमारा धर्म जो है वो हर धर्म का सम्मान करता है सारे देवी देवताओं का सम्मान करता है माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करने आ रहे हैं और हमें इस बात की खुशी है कि हमको भी न्यौता मिला है हम प्रधानमंत्री जी के लिए जो हैं हिंदू धर्म के लिए जो है बहुत ही नायाब किताब लेकर आया हूं जो रामचरित मानस है और एक राम नवमी जो दुपट्टा है ये हम जो है प्रधानमंत्री के स्वागत में दुपड़ा और ये रामायण हम पेश करेंगे अयोध्या के आम लोग भी इस आयोजन से बहुत प्रसन्न हैं बाइट माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शिलान्यास होने जा रहा है राम मंदिर का इससे पूरे विश्व को बहुत खुशी है हम लोगों को भी बहुत खुशी है हम लोगों ने इसकी बहुत तैयारी कर रखी है हर घर में दीया जलेगा मोमबत्तियां जलेंगी सारे घर में झालर लग गए हैं और इसी के साथ आयोध्या फैजाबाद का विकास भी होगा और रोजगार भी बढ़ेगा राम मंदिर निर्माण के बाद आयोध्या के लोगों को क्षेत्र के अत्यधिक विकास की उम्मीद है

हम लोग उनसे लाभान्वित होंगे और हमको ये पूरा विश्वास है केंद्र सरकार मिल कर के आयोध्या का ऐसा विकास करेगी कि जिससे यहां के लोग सुखी होंगे अयोध्या में भूमि पूजन समारोह का आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा इसे सुबह ग्यारह बजकर चालीस मिनट से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है दूरदर्शन से भी भूमि पूजन आयोजन का सीधा प्रसारण होगा इधर सोलह अगस्त से माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू होगी श्रीमाता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कोरोना संक्रमण के कारण लगभग चार महीने तक बंद रहने के बाद तीर्थ यात्रा फिर शुरू किए जाने की घोषणा की है प्रदेश में बाढ़ की स्थिति लगातार गम्भीर बनी हुई है मधेपुरा और सहरसा जिले के चौवन पंचायतों के बाढ़ की चपेट में आ जाने से प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर सोलह हो गयी है राज्य में लगभग चौंसठ लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ गये हैं मुजफ्फरपुर दरभंगा खगड़िया सीवान और सारण जिले में नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है मुजफ्फरपुर जिले में तेरह प्रखंडों में लगभग चौदह लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि जलस्तर के दबाव के कारण बागमती और बूढ़ी गंडक नदियों के तटबंधों से रिसाव जारी है

सारण जिले में मढ़ौरा प्रखंड में बरसाती नदी का पानी फैलने से कई वार्ड बाढ़ की चपेट में आ गये हैं वहीं सीवान जिले में हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ का पानी फैलने से नये इलाके बाढ़ से घिर गये हैं गोपालगंज में मांझा और दरौली प्रखंड में बाढ़ की स्थिति गम्भीर बनी हुई है वहीं सिधवलिया तथा बैकुंठपुर प्रखंड में मामूली सुधार हुआ है दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति गम्भीर बनी हुई है हमारे संवाददाता ने बताया कि पन्द्रह प्रखंडों में लगभग उन्नीस लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है जिले के कमतौल में महाराजी बांध के फिर से टूट जाने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है

इधर कोसी बागमती करेह और गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से खगड़िया जिले के सात प्रखंड में एक लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं समस्तीपुर जिले में भी बूढ़ी गंडक बागमती कमला बलान और करेह नदी का जलस्तर बढ़ने से छह प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं जिले में लगभग दो लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिये गये हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैंतीस टीमों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगाया गया है वहीं प्रभावित इलाकों में तेरह सौ से अधिक सामुदायिक रसोई घर में लगभग दस लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था की गयी है पशु चारे की किल्लत को देखते हुये जिला प्रशासन द्वारा चारे की व्यवस्था की जा रही है इधर सर्प दंश की घटनाओं को देखते हुये एनडीआरएफ एसडीआरएफ और मेडिकल टीमों को सांप काटने की दवा के साथ प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है प्रदेश में कल देर शाम तेज आंधी के साथ बारिश से कई कच्चे घरों और खेत में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है इधर खगड़िया जिले में तेज आंधी के कारण गंडक गंगा नदी की धारा में नौका पलट जाने से तीस लोगों के ड्रबने की आशंका जतायी जा रही है दो शव बरामद किये गये हैं नाव पर सवार लोग मानसी थाना क्षेत्र अन्तर्गत टिकारामपुर दियारा स्थित अपने गांव जा रहे थे बेगूसराय से हमारे संवाददाता ने बताया है कि नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर इलाके में आंधी के कारण एक पेड़ गिरने से उसके नीचे दब कर एक किशोरी की मौत हो गयी मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है इस दौरान लोगों से वज्रपात को लेकर सतर्क रहने की अपील की गयी है बक्सर भोजपुर रोहतास कैमूर औरंगाबाद अरवल जहानाबाद कटिहार बांका भागलपुर मुंगेर खगड़िया और जमुई जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जतायी गयी है प्रदेश की अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं हालांकि प्रमुख नदियों का जलस्तर स्थिर बना हुआ है या फिर उसमें कमी दर्ज की गयी है गंडक नदी गोपालगंज के ड्रमरिया घाट में खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर है वहीं ब्रढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर के अहिरवलिया और सिकंदरपुर में लाल निशान से एक एक मीटर ऊपर बह रही है नदी का जलस्तर समस्तीपुर के रोसड़ा में लाल निशान से तीन मीटर और खगड़िया में एक मीटर तक ऊपर पहुंच गया है बागमती नदी सीतामढ़ी के कटौंझा में खतरे के निशान से दो मीटर मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में एक मीटर और दरभंगा के हायाघाट में दो मीटर ऊपर बह रही है प्रदेश के सभी अड़तीस जिलों में कोरोना संक्रमण के दो हजार चार सौ चौंसठ नये मामले मिलने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर बासठ हजार इकतीस हो गई है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना जिले में सबसे अधिक तीन सौ तिरानवे मामले सामने आने के बाद यहां कुल पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर दस हजार पांच सौ दस हो गई है इसके साथ ही मुजफ्फरपुर से एक सौ संतानवे कटिहार से एक सौ बीस सारण से संतानवे वैशाली से पचासी सीतामढ़ी से चौरासी बक्सर से सतहत्तर बेगूसराय और रोहतास से पचहत्तर पचहत्तर समस्तीपुर से चौहत्तर नालंदा और पूर्णिया में उनहत्तर उनहत्तर मामले सामने आये हैं वहीं पूर्वी चंपारण से पैंसठ सुपौल से चौंसठ भोजपुर और गया से तिरसठ तिरसठ व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं इस महामारी से राज्य में अब तक तीन सौ उनचास लोगों की मृत्यु हुई है इधर राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या चालीस हजार सात सौ साठ हो गई है इस तरह राज्य में ठीक होने वालों की दर लगभग छियासठ प्रतिशत हो गयी है अभी राज्य में कुल एक्टिव मामलों की संख्या बीस हजार नौ सौ इक्कीस है चूनाव आयोग ने कोविड महामारी के मददेनजर एक बार फिर बिहार विधानसभा चूनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे हैं आयोग ने ग्यारह अगस्त तक सभी राजनीतिक दलों से अपने अपने सुझाव भेजने को कहा है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अध्योध्या में राम जन्म भूमि प्रजन समारोह और आज होने वाले मंदिर के शिलान्यास से संबंधित खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है अयोध्या में चार सौ बानवे साल बाद इतिहास की करवट सभी अखबारों ने बाढ़ की खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर की सुर्खी है नौ नदियां लाल निशान पारः बक्सर से भागलपुर तक गंगा के जलस्तर में उफान प्रभात खबर ने कोरोना संक्रमण से जुड़ी खबर का शीर्षक दिया है बिहार में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बासठ हजार के पार दैनिक जागरण ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश को बड़ी खबर बनाते हुये सुर्खी लगायी है सुशांत मामले में बिहार सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश आज अखबार ने यूपीएससी परीक्षा के अंतिम परिणाम पर शीर्षक दिया है भागलपुर के श्रेष्ठ अनुपम बने बिहार के टॉपर और अब अंत में मुख्य समाचार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन आज

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति लगातार गम्भीर बनी हुई है